वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने करदाताओं की स्विधा के लिये जीएसटी रिर्टन भरने की एक नई प्रणाली श्रू करने का फैसला किया है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि नई प्रणाली को आसानी से अपनाने के लिये एक योजना तैयार की गई है

नई रिर्टन प्रणाली के तीन प्रमुख घटक है मुख्य तरह रिर्टन और दो अन्य फार्म म्ख्य फार्म के साथ लगाये गये है इस वर्ष ज्लाई और सितम्बर के बीच करदाताओं के प्रयोग के लिये एक नई जीएसटी रिर्टन प्रणाली उपलब्ध हो जायेगी वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले विचार विमर्श करने के लिये बैठक की बैठक में श्रीमती सीतारमन ने कृषि क्षेत्र के विकास को तेज़ करने और किसानों की आमदनी द्रग्नी करने के बारे में विभिन्न कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के विचार जाने बाद में वित्तमंत्री औदयोगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औदयोगिक उत्पादकता बढ़ाने सहित विभिन्न म्द्रों बारे विचारों की जानकारी भी ली

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिला फरीदाबाद में दो नर्सिंग कॉलेज जबकि रेवाड़ी कैथल क्रुक्षेत्र और पंचक्ला जिलों में एक एक नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा

प्रवक्ता ने बताया कि इन कॉलेजों की स्थापना के लिए भूमि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को पहले ही पट्टों पर दी जा चुकी है

उन्होंने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी दते हये कहा कि गत वर्षो के दौरान अन्य जिलों की अपेक्षा इन जिलों में मलेरिया के अधिक मामले सामने आए थे जिनको नियंत्रित करने के लिए इन जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही हैं

प्रवक्ता ने बताया कि सीआईए टीम ने एक सूचना के आधार पर गांव गढ़ी में एक नाके पर यह नशीले पदार्थ बरामद किये है आरोपी को अदालत मे पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है खेल मंत्री किरण रिजिज् ने य्वराज सिंह को एक शानदार बल्लेबाज़ गेंदबाज और फील्डर बताते हये उनकी प्रशंसा की श्री रिजिज् ने एक टिवीट में कहा कि बेशक य्वराज सिंह ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल से सन्यास ले लिया है लेकिन वह हर भारतीय और द्निया भर में लाखों लोगों के लिये क्रिकेट आइकन बने रहेंगे खेलमंत्री ने य्वराज को भविष्य की योजनाओं के लिये भी अपनी श्भकामनायें दी

आयोग ने भर्ती के लिये आवेदन आमंति किये है

हरियाणा में भीष्ण गर्मी के साथ लू का पड़ना जारी है

यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भी लोग गर्मी व उमस से बेहाल रहे

गर्मी के चलते जगाधरी यम्नानगरी छछरौली बिलासप्र आदि बाज़ारों मे सन्नाटा पसरा रहा